मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में ये निर्णय लिया गया बैठक में सरकारी स्कूलों में अंशकालीन मल्टी टास्क वर्कर्स को समिलित करने के लिए एक नीति तैयार करने को भी मंजूरी दी गई

मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिले के सरकाघाट के बर्चवाड़ में प्रशिक्षण अकादमी स्थापित करने और शिमला में लोकनिर्माण विभाग के तहत नए बागवानी खंड खोलने का निर्णय भी लिया

वे आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न आवास योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल देश का एक मात्र ऐसा राज्य है जहां प्रत्येक लाभार्थी को आवास निर्माण के लिए डेढ़ लाख रूपए दिए जा रहे हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं जिसकी प्रधानमंत्री ने भी सराहना की है अनुराग केंद्रीय वित्त व कारपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार कोरोना संकट के दौरान समाज के सभी वर्गो को राहत देने के लिए प्रयासरत है

अनुराग ठाक्र ने कहा कि देश के अलग अलग शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तैयार मकानों को प्रवासी मजदूरों को किराए पर देने के निर्णय से लाखों मजदूरों को लाभ मिलेगा उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा लिए गए अहम फैसलों से देश के करोड़ों लोग लाभान्वित होंगे राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि रोटरी क्लब का समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है वे आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हैदराबाद रोटरी क्लब के स्थापना दिवस समारो के अवसर पर लोगों को सम्बोधित कर रहे थे राज्यपाल ने कहा कि रोटरी क्लब द्वारा शिक्षा व साक्षरता कार्यकमों में सराहनीय कार्य किया जा रहा है और कोरोना महामारी से निपटने में भी क्लब अहम भूमिका निभा रहा है पुरमार विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा है कि प्रदेश सरकार युवाओं समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान और महिलाओं की सुरक्षा के लिए वचनवद्व है ये बात आज उन्होंने कांगड़ा जिला के धीरा में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता राशि वितरित करने के बाद कही परमार ने कहा कि प्रदेश में अब विभिन्न विकास कार्य शुरू किए गए है ताकि लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके उन्होंने ये भी कहा कि धीरा में संयुक्त कार्यालय परिसर का निर्माण किया जाएगा

राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने राज्य सरकार से कोरोना महामारी को देखते हुए वर्तमान शैक्षणिक सत्र के दौरान किसी भी कक्षा की परीक्षाएं आयोजित न करने की मांग की है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को लिखे एक पत्र में राठौर ने कहा है कि विद्यार्थियों का ऑनलाईन आकलन कर उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट किया जाना चाहिए राठौर ने ये भी कहा है कि प्रदेश में इस वर्ष मार्च से सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं ऐसे में किसी भी संस्थान द्वारा विद्यार्थियों से फीस नहीं ली जानी चाहिए

प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के तीन नए मामले सामने आए है इनमें कांगड़ा कुल्लू और चंबा से एक एक कोरोना पॉजिटिव शामिल है

उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों के वाबजूद भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल और भारतीय सेना के जवान बुलंद हौसलों के साथ सीमाओं पर तैनात है रामस्वरूप शर्मा ने सैनिकों को आश्वासन दिया कि वे उनकी दूरसंचार व सड़क से जुड़ी समस्याओं को प्रधानमंत्री के समक्ष उठाएंगे

शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि पर्यटकों को प्रदेश आने की खुली छूट देने से साबित होता है कि सरकार को प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के प्रति कतई गंभीर नहीं है किमटा ने कहा कि सेब आढ़तीयों की बिना जांच के उपरी क्षेत्रों में आवाजाही से ग्रामीण इलाकों में लोगों में कोरोना संक्रमण को लेकर भय का माहौल है आत्मनिर्भर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राम सिंह ने कहा है कि कोरोना संकटकाल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लिए गए उचित निर्णयों की वजह से आज विश्वभर में उनकी सराहना हो रही है कुल्लू में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा गरीब वर्ग के लिए शुरू की गई योजनाओं व राहत पैकेज की घोषणा और लॉकल फोर वॉकल के नारे के चलते आज देश आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है इस बीच राज्य औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष राम कुमार ने कहा है कि केन्द्र सरकार कोरोना संकट के दौरान देश को आत्मनिर्भर बनाने वाली योजनाओं पर तेजी से काम कर रही है ऊना में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में सरकार कोरोना संकट का कुशलता और संजीदगी के साथ सामना किया है राम कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों किसानों और मजदूरों को लाभ मिल रहा है